भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमरोहा और सहारनपुर में दो जनसभाओं को संबोधित किया अमरोहा में चुनावी जनसभा में बोलते हुए श्री मोदी न केन्द्र में सशक्त और निर्णय ले सकने वाली सरकार बनाने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि मजबूत सरकार ही देश को आगे बढ़ाने के लिए कठिन और बड़े फैसले ले सकती है विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आतंकवाद के मुद्दे पर नरम रूख अपना रहे हैं प्रधानमंत्री न कहा कि कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो आतंकवाद पर इसी नरम रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं

उधर सहारनपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हमेशा से पिछड़ों की विरोधी रही है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी वर्ग के लोगों को सम्मान दिया है बाइट कांग्रेस हमेशा से पिछड़ों की विरोधी रही है संसद में राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था कांग्रेस का ओबीसी कमीशन पर ऐतराज है साथियों आपके इस चौकीदार के लिये किसान हो जवान हो या फिर नौजवान सबको सुरक्षा सबकी समृद्धि और सबको सम्मान यही हमारा ध्येय रहा है पधानमंत्री ने कहा कि देश में बेटियों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिये कई योजनायें चलाई जा रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मुस्लिम बहनों को तीन तलाक से मुक्ति दिलाने के लिये कृत संकल्प है उन्होंने कहा कि संसद में ट्रिपल तलाक से संबंधित बिल को विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अपराधियों को संरक्षण दिया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की तरक्की की पहरेदारी की जिम्मेदारी हम सभी की है

उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने आज कहा कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाये जाने की आवश्यकता है उन्होंने निजी क्षेत्र का आहवान किया कि वह स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं के मामले में सरकार के साथ मिलकर काम कर आज राजधानी लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्डियोलॉजी विभाग की तीन दिवसीय नेशनल इंटर वेंशन कांफ्रेंस का उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम रही सभी संस्थाओं को एकसाथ मिलकर काम करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि बदलते जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव के चलते बड़ी संख्या में बीमारियां बढ़ रही है उन्होंने कहा कि ऐसे समय में डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि वह मरीजों को जीवन शैली सुधारने के लिये प्रेरित करे उन्होंने कहा कि भोजन और जीवनशैलो के मामले में प्राचीन भारतीय परम्परा की तरफ लाट कर और योग को अपना कर बीमारियों से बचा जा सकता है तीन दिवसीय इस कांफ्रेंस में देश और दुनिया के डेढ़ हजार से ज्यादा डॉक्टर और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं यह कांफ्रेंस पहली बार उत्तर प्रदेश में आयोजित की जा रही है इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि लखनऊ उत्तर भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रमुख केन्द्र के तौर पर विकसित हो रहा है और पीजीआई देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है जहां उच्चकोटि की चिकित्सा और शोध की सुविधाएं उपलब्ध है

घोषणा पत्र जारी करते हुए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन लाने की बात कही उन्होंने कहा कि किसानों में ख्रशहाली तभी आएगी जब उनका कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा पार्टी ने घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का भी वादा किया है श्री यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग जीएसटी जैसी नीतियों के जरिए अमीरों को और अमीर तथा गरीबों का और गरीब बना रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर किया है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

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये प्रदेश में नामांकन पत्रों की जांच का काम आज पूरा हो गया है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेशर लू ने बताया कि फिरोजाबाद और बदायूं लोकसभा सीट से सर्वाधिक सोलह सोलह उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त किये गये है तीसरे चरण की दस सीटों पर तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा इसमें मुरादाबाद रामपुर संभल फिरोजाबाद मैनप्री एटा बदायू आंवला बरेली और पीलीभीत की संसदीय सीट शामिल है तीसरे चरण के लिये नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अप्रैल है चौथे चरण के लिये प्रदेश की तेरह लोकसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है

इटावा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी राम शंकर कठेरिया ने और हमीरपुर संसदीय सीट स बसपा के दिलीप सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया वहीं मिश्रिख सीट से कांग्रेस की मंजरी राही बसपा से नीलू सत्यार्थी और निर्दलीय प्रत्याशी अर्पित ने अपना पर्चा भरा

चौथे चरण की तेरह लोकसभा सीटों पर उन्तीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्यों से किसी भी प्रकार से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास न हो इसके लिय प्रदेश पुलिस ने विशेष इंतजाम किये हैं

उन सबकों की रोकथाम के लिये व्यापक प्रबंध करना पड़ रहा है

मध्य प्रदेश में हमने भोल में मीटिंग की है दिल्ली हरियाणा इन सब राज्यों के साथ मैने नोएडा में मीटिंग की है और इस मीटिंग में हमने बहुत सारी चीजों का हमने जिक्र किया है